यह दिन साम्प्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को बढावा देने के लिए सद्भावना दिवस को रूप में भी मनाया जाता है इस अवसर पर प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं जयपुर के रामनिवास बाग से आज सुबह अक्षय ऊर्जा दौड़ का आयोजन किया गया जिसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया

श्री गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पुरे प्रयास कर रही है उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित युवाओं को अक्षय ऊर्जा को प्रोत्साहन देने की शपथ भी दिलाई ऊर्जा विभाग और राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि उद्योगपति अक्षय ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में निवेश के लिये आगे आयें

उन्होंने कहा कि श्री गांधी ने ऐसे देष की कल्पना की थी कि जिसमें गरीबी और अमीरी का भेदभाव न हो जहां किसान और मजदूर खुषहाल हों और व्यापार और उद्योग की प्रगति हो

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीव गांधी का सपना सही मायने में तब साकार होगा जब पंचायतों और नगरपालिकाओं को मजबूत और सषक्त बनाया जाये

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिडला की अगुवाई में अनेक संसद सदस्यों ने संसद भवन में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्दाजलि अर्पित की

बीकानेर में जिला प्रशासन द्वारा राजीव गांधी युवा सम्मेलन और रोजगार मेले का आयोजन किया गया

प्रतापगढ़ में नगर परिषद से मोहनलाल सुखाड़िया स्टेडियम तक अक्षय ऊर्जा दौड़ का आयोजन किया गया

नागौर में अक्षय ऊर्जा के साधन और उपयोग विषय पर निबंध और चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई झालावाड़ में मिनी सचिवालय से ओल्ड ब्लॉक तक अक्षय ऊर्जा रैली निकाली गई और स्कूलों में विभिन्न प्रतियोगिताएं हुई

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा राज्य को ये रैंकिंग दी गई है

आवासन मण्डल के आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि रिवर्स बिडिंग से आवासों की बिक्री पहली बार की जायेगी इस पहल से आमजन को आवासन मण्डल के पलैट और आवास बेहद आकर्षक कीमतों में उपलब्ध हो सकेंगे साथ ही मण्डल को भी अपनी सम्पत्तियों के निस्तारण में मदद मिलेगी

इस अभियान के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्व कार्यवाही करने के साथ ही व्यापक प्रचार प्रसार कर सडक सुरक्षा के सम्बन्ध में जनचेतना जागृत की जायेगी अतिरिक्त महानिदेषक प्रलिस यातायात पंकज कुमार सिंह ने बताया कि सडक सुरक्षा अभियान के तहत यातायात नियमों की अनुपालना पर विषेष ध्यान दिया जायेगा श्री सिंह ने प्रदेष के सभी जिला पुलिस अधीक्षकों से स्थानीय स्वयं सेवी संस्थाओं षिक्षण सस्थाओं तथा परिवहन विभाग के अधिकारियों सहित सभी सम्बन्धित एजेन्सियों को इस अभियान से जोडने का आग्रह किया गया है

उन्होंने बताया कि इस तंत्र के तहत राज्य स्तर और जिला स्तर पर समितियां गठित की जायेंगी जिसमें विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों के अलावा व्यापार जगत के प्रतिनिधि भी रहेंगे

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन ने इसे देश के लिये बडी उपलब्धि बताया

तड़के चार बजे रोवर प्रज्ञान लैंडर से अलग होकर चन्द्रमा की सतह को स्पर्श करेगा डॉ के सिवन ने बताया कि भारत पहला राष्ट्र होगा जो चन्द्रमा के दक्षिण ध्रव पर यान को उतारने की कोशिश कर रहा है बाकि तीन देशों ने चन्द्रमा के इक्वेटर के पास अपना उपकरण उतारा था

अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोईनुद्दीन हसन चिश्ती का मिनी उर्स चांद दिखाई देने पर एक या दो सितंबर से शुरू होगा